केंद्रीय बजट सुझाव प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अगले वित्त वर्ष के केन्द्रीय बजट के लिये लोगों से विचार और सुझाव आमंत्रित किए हैं आम बजट से जनता की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं का पता लगाने के प्रयास के तहत ये कदम उठाया गया है एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि केन्द्रीय बजट एक सौ तीस करोड़ भारतवासियों की आकांक्षाओं को व्यक्त करेगा और देश के विकास की दिशा तय करेगा ये सुझाव माई जीओवी डॉट इन पर भेजे जा सकते हैं हाईकोर्ट महापौर चुनाव छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने महापौर चुनाव प्रक्रिया को चुनौती देने वाली सभी याचिकाएं खारिज कर दी हैं राज्य शासन के महापौर चुनाव के लिए जारी अध्यादेश को चुनौती देते हुए ये याचिकाएं दायर की गई थीं जिसमें यह कहा गया था कि शासन द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से महापौर का चुनाव करवाया जा रहा है जो विधि के विपरीत है

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इसके पदेन अध्यक्ष होंगे वहीं खेल और युवा कल्याण मंत्री उमेश कुमार पटेल पदेन उपाध्यक्ष होंगे इस प्राधिकरण का गठन खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा किया गया है सरकार के सभी मंत्री प्राधिकरण के पदेन सदस्य बनाए गए हैं इसका प्रधान कार्यालय रायपुर के जीई रोड स्थित अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम होगा मतदाता सुची भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार नये मतदाता पंद्रह जनवरी तक मतदाता सूची में अपना नाम निर्धारित मतदान केन्द्रों में जाकर जुड़वा सकते हैं जिन मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में नहीं है या जिनके नाम उपनाम आयु लिंग या फोटो में कोई त्रुटि हैं वे भी आवेदन देकर सुधार करवा सकते हैं गौरतलब है कि ऐसे युवा जिनकी आयु एक जनवरी दो हजार बीस तक अट्ठारह वर्ष पूरी हो चुकी है वे अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं लोकवाणी मुख्यमंत्री की मासिक रेडियोवार्ता लोकवाणी की छठवीं कड़ी का प्रसारण रविवार बारह जनवरी को होगा लोकवाणी का प्रसारण छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्रों एफएम और क्षेत्रीय न्यूज चैनलों से सुबह साढ़े दस बजे से दस बजकर पचपन मिनट तक होगा लोकवाणी में इस बार का विषय सेवा का एक साल रखा गया है मंत्रिमंडल आयुर्वेदिक संस्थान केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय के जामनगर परिसर को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा दिये जाने के प्रस्ताव को आज मंजूरी दी नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं को इसकी जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि इसे संस्था का दर्जा प्रदान करने से इसकी स्वायत्तता का दायरा बढ़ेगा और आयुर्वेद शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा भारत बंद केंद्रीय श्रमिक संगठनों के बैनर तले विभिन्न मांगों को लेकर आज भारत बंद का आव्हान किया गया था इसका छत्तीसगढ़ में भी आंशिक असर देखने को मिला रायपुर संभाग बीमा कर्मचारी संघ सहित कुछ अन्य कर्मचारी संघों ने इस बंद को अपना समर्थन दिया इस दौरान कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन भी किया इसी तरह दुर्ग में भी भिलाई इस्पात संयंत्र परिसर के बाहर मजदूर संगठनों ने संयुक्त धरना प्रदर्शन किया इन्होंने अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी भी की राष्ट्रव्यापी हड़ताल के तहत मजदूर संगठनों ने अपने ज्ञापन में बारह मांगें शामिल की हैं

उन्होंने भाजपा के प्रबोध मिंज को नौ वोटों से हराया इससे पहले हुए मतदान में अजय तिर्की को अट्ठाईस जबकि प्रबोध मिंज को उन्नीस वोट मिले

अंबिकापुर में कांग्रेस का महापौर निर्वाचित होने के बाद दस में से नौ नगर निगमों में कांग्रेस का कब्जा हो गया है वहीं अब एक नगर निगम कोरबा में महापौर और सभापति के लिए मतदान होना बाकी है वहीं नगर पंचायत अध्यक्ष के चुनाव भी जारी है राजनांदगांव जिले के छुरिया नगर पंचायत में कांग्रेस की राजकुमारी सिन्हा अध्यक्ष निर्वाचित हुई हैं वहीं कोरिया जिले के खोगापानी नगर पंचायत में भाजपा के धीरेन्द्र विश्वकर्मा विजयी घोषित हुए

वहीं धान उपार्जन केन्द्रों में चौदह लाख मीटरिक टन से ज्यादा धान का कस्टम मिलिंग किया जा चुका है खाद्य विभाग के सचिव डॉक्टर कमलप्रीत सिंह ने अधिकारियों को कस्टम मिलिंग में और तेजी लाने के निर्देश दिए हैं रायपुर जिले में अब तक सबसे अधिक लगभग एक लाख अंठावन हजार मीटरिक टन धान की कस्टम मिलिंग हुई है जबकि नारायणपुर जिले में सबसे कम नौ सौ सत्तर मीटरिक टन धान की कस्टम मिलिंग दर्ज की गई है साथ ही राज्य के किसानों से समर्थन मूल्य पर मक्का खरीदी भी चल रही है सत्रह सौ साठ रूपए प्रति क्विंटल की दर यह खरीदी की जा रही है इस वर्ष प्रदेश में सात हजार तीन सौ बावन मक्का उत्पादक किसानों ने पंजीयन कराया है इन पंजीकृत किसानों से दस क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से मक्का खरीदी होगी खाद्य विभाग द्वारा प्रदेश के किसानों से मक्का खरीदने के लिए नेकॉफ को एनओसी जारी कर दिया गया है खरीदी की यह प्रक्रिया आगामी इकतीस मई तक चलेगी संस्कृति मंत्री समीक्षा संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने छत्तीसगढ़ फिल्म सिटी के निर्माण कार्य और फिल्म नीति बनाने की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं उन्होंने रायपुर में अधिकारियों की बैठक लेकर संस्कृति विभाग के कामकाज की समीक्षा की साथ ही श्री भगत ने प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों सहित मंत्रालय और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर गढ़कलेवा शुरू करने के निर्णय पर भी जल्द से जल्द अमल करने को कहा दुर्घटना कोरिया जिले के खड़गवां थाना क्षेत्र में बीती देर रात हुई सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई यह दुर्घटना अखराडांड में मोटरसाइकिल और कार के बीच आपस में भिडंत होने से हुई इस हादसे में कार चालक गंभीर रूप से घायल है इसी तरह दुर्ग जिले के पाटन क्षेत्र में रानीतराई थाना क्षेत्र में कल दो यात्री बसों के बीच टक्कर होने से एक वाहन चालक की मौत हो गई जबकि इक्कीस से अधिक यात्री घायल हो गए हैं इनमें से एक की हालत गंभीर बनी हई है उधर दंतेवाड़ा जिले में आज एक यात्री बस के अनियंत्रित होकर पलटने से बारह से अधिक लोग घायल हो गए हैं इनका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है पुलिस के अनुसार कटेकल्याण से दंतेवाड़ा आ रही निजी ट्रेवल्स की बस बालूद नयापारा के पास पुल के नीचे अनियंत्रित होकर पलट गई हादसे के बाद कई यात्री बस में फंस गए स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को बस से बाहर निकाला गया मौसम और अब पेश है मौसम का हाल राजस्थान और मध्यप्रदेश के ऊपर बने चक्रवात के कारण छत्तीसगढ़ में एक बार फिर मौसम बदल गया है रायपुर स्थित मौसम विज्ञान केन्द्र के मौसम विज्ञानी एचपी चंद्रा ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि चक्रवात के प्रभाव से पूरे छत्तीसगढ़ में बादल छाए हुए हैं उन्होंने बताया कि अगले अड़तालीस घंटों के दौरान प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं साथ ही कहीं कहीं ओले गिरने की भी संभावना है

वहीं बदले हुए मौसम को देखते हुए कृषि वैज्ञानिकों ने पिछले दिनों हुई वर्षा और अगले कुछ दिनों में वर्षा की संभावना के मद्देनजर किसानों को सलाह दी है कि वे अपने खेतों में फसल को बचाने के लिए जल निकास की उचित व्यवस्था करें संक्षिप्त समाचार अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार के खिलाफ पदोन्नति में आरक्षण की नीति को चुनौती देने वाली याचिका को अस्वीकार कर दिया है अदालत ने राज्य सरकार को नियमित पदोन्नति की प्रक्रिया जारी रखने को कहा है बिलासपुर में आगामी पंद्रह और सोलह फरवरी को कानूनी जागरूकता शिविर विषय पर शॉर्ट फिल्मों का समारोह आयोजित किया जाएगा इसमें छत्तीसगढ़ी और विदेशी भाषा की फिल्मों को भी शामिल किया गया है इच्छुक प्रतिभागी राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में आवेदन जमा कर सकते हैं